उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित उत्पादों और उपायों से परे विश्व को फायदा होगा सोलहवें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज वर्वअल तरीके से उदघाटन करते हए उन्होंने यह बात कही

उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स कोष में उनके योगदान से देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिली श्री मोदी ने युवाओं से भारत की संस्कृति और गौरव का विश्वभर में प्रचार प्रसार करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपर्याग करने को कहा उन्होंने कहा कि इंटरनेट ने दनिया के विभिन्न भागों के लोगों को आपस में जोड दिया है श्री मोदी ने कहा कि भारत में विकसित नई प्रणालियों की विश्वमर में सराहना हई है उन्हॉने कहा कि समाज के गरीब से गरीब लोगों को टेक्नोलॉजी की मदद से सशक्त बनाने के भारत के अभियान की दुनियाभर में चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि आज जब हम आत्मनिर्मर भारत के निर्माण के प्रयास कर रहे हैं तो प्रवासी भारतीय ब्रांड इंडिया को मजबुत करने में अपनी महत्वपूर्ण भुमिका निभाएंगे

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही छात्र छात्राओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराती है और उनका भविष्य उज्ज्वल बनाती है मुख्यमंत्री ने सभी पॉलिटेक्निक में एमएसएमई सेक्टर की आवश्यकताओं के अनुसार पाठयक्रम डिजाइन करने का निर्देश देते हये कहा है कि ऐसा करने से विद्यार्थियों को रोजगार मिलने में आसानी होगी मुख्यमत्री कल लखनऊ स्थित अपने आवास पर प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के नियंत्रण में संचालित होने वाली संस्थाओं के विभिन्न पाद्यक्रमों के प्रवेश क्षमता के निर्धारण और सीटों में परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्तृतिकरण का अवलोकन कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समी विद्यार्थियों को हर स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये कटिबद्द है उन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक और फार्मेसी डिप्लोमा प्रदान करने वाली संस्थानों सहित प्रदेश में कार्यरत सनी निजी प्राविधिक शिक्षा संस्थानों में निर्धारित मानकों के सत्यापन के लिये एक अभियान चलाया जाय

उन्होंने कहा है कि सभी जिलों में गो आश्रय स्थलों की व्यवस्था को सचारू बनाये रखते हये गो वंश के टीकाकरण और स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे बैठक में उन्होंने धान खरीद कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने का निर्देश दिया उन्होंने मण्डलायक्तों और जिलाधिकारियों को टीम गठित कर नियमित रूप से धान खरीद केन्द्रों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिये प्रदेश से सटे राज्यों सहित देश के विभिन्न प्रदेशों में बर्ड फ्ल के बढते मामलों को ध्यान में रखते हए सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला प्रशासन से पक्षियों की असामान्य मौत की किसी भी घटना की सूचना राज्य सरकार को देने को कहा गया है

अभी तक प्रदेश में बर्ड फ्लू का संक्रमण नहीं पाया गया है लेकिन प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है राज्य में मौजूद जलाशयों और मूर्गी पालन केन्द्रों से नमूने इकट्ठा किये जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बर्ड फ्लू के हालात पर बैठक की और खास एहतियात बरतर्न के निर्देश दिये उन्होंने अविकारियों को प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा क्योंकि मेले में हजारों श्रद्वालु आते हैं और इसी दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी भी संगम तट पर पहुंचते हैं सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ देश में अब तक कोविड नमूनों की जांच अट्ठारह करोड से ज्यादा हो गई है कोविडसे स्वस्थ होने की दर बढ़कर छानबे दशमलव चार एक प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान नौ लाख सोलह हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गईहै और इस दौरान उन्नीस हजार से अधिक मरीज ठीक हए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने वालों की क्ल संख्या बढ़कर एक करोड चौवन हजार से अधिक हो गई है संक्रमित मामलों की क्ल संख्या में केवल दो दशमलव एक पांच प्रतिशत संक्रिय मामले ही रोष बचे है फिलहाल देश में करीब दो लाख चौबीस हजार सक्रिय मामले हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान अट्ठारह हजार बाईस नये मामलों की पुष्टि हुई है